विभिन्न राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रतापगढ़ और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल अयोध्या में पार्टी प्रत्याशी आनन्द सेन यादव के सम्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया श्री यादव ने कहा कि यह चुनाव देश के राजनैतिक परिदृश्य को बदलने का महत्वपूर्ण अवसर है उन्होंने कहा कि मजबूत और नये भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दो हज़ार चौदह में देश के किसानों युवाओं और अन्य वर्गो से किये गये अपने वादों को निमाने में भाजपा पूरी तरह विफल सावित हुई है सपा प्रमुख ने दावा किया कि चुनाव के परिणाम आने के बाद सभी दल मिलकर केन्द्र में गैर भाजपा सरकार बनायेंगे श्री यादव ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिला तो अयोध्या को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जायेगा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक दूसरे का पूरक बताते हुए लोगों से इन दोनों पार्टियों से सर्तक रहने का आह्वान किया है सुश्री मायावती कल सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र के अकारीपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा सालों तक सत्ता में रही है लेकिन उसके शासनकाल में दलितों और पिछड़ों को सिर्फ उपेक्षा का सामना करना पड़ा है बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यदि गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों और युवा बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दिया जायेगा

इस चरण में छह मई को प्रदेश के जिन चौदह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे उनमें धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फृतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इन सभी सीटों पर दो करोड़ सैंतालीस लाख नौ हज़ार पांच सौ पन्द्रह मतदाता चुनावी समर में उतरे कुल एक सौ इक्यासी प्रत्याशियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला करेंगे सुचारू मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिये समी निर्वाचन क्षेत्रों में कुल सोलह हज़ार एक सौ छब्बीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इस चरण में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से पुनः अपना राजनीतिक भाग्य आज़मा रहे हैं श्री गांधी का भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुकाबला है वहीं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम और सपा बसपा गठबंधन की प्रत्याशी पूनम सिन्हा चुनाव मैदान में हैं धौरहरा सीट पर कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं जबकि फैजाबाद सीट पर भाजपा के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह फिर से चुनाव मैदान में हैं इसी सीट से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री और गठबंधन प्रत्याशी आनन्द सेन यादव च्नाव लड़ रहे हैं बहराइच सुरक्षित सीट से भाजपा से हाल में ही कांग्रेस में शामिल हई निवर्तमान सांसद सावित्रीबाई फूले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है उनके मुकाबले में गठबंधन प्रत्याशी शब्बीर बाल्मीकि और भाजपा प्रत्याशी अक्षयवर लाल गौंड हैं बाराबंकी सुरक्षित सीट से भाजपा ने पार्टी विधायक उपेन्द्र रावत को टिकट दिया है जबकि पूर्व सांसद राम सागर रावत गठबंधन के उम्मीदवार हैं इस सीट से कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को चुनावी समर में उतारा है

देश के विकास में योगदान करें आओ सब मिलकर मतदान करें की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिये बेहतर सरकार बनाने का देशवासियों को स्वतंत्र अधिकार हासिल है जिसका उपयोग कर योग्य उम्मीदवारों को प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिये चुना जा सकता है इस अवसर पर मतदाता जागरूकता के लिये आयोजित प्रतियोगिता में सफल बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया

हालांकि मौसम विभाग ने उड़ीसा में आने वाले चक्रयात फैनी की बेतावनी पहले से दे रखी थी इसके बावजूद मड़ाई होने से बची कुछ किसानों की खेत मे पड़ी फसल तबाह हो गई है तेज हवाओं ने कुछ लोगों का आशियाना भी उजाड़ दिया है मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार चंतेली

तेज हवाओं के साथ बारिश होने से गेहूं की कटाई प्रभावित हुई है जबकि पानी गिरने से साठा धान और गन्ने की फसल को लाम हुआ है

जैसे कुछ क्षेत्रों में अभी गेहूं की फसल लोगों ने नहीं रवाई थी खेत में गेहूं कटा हुआ था भूसा पड़ा था तो उसे नुकसान हुआ है इसके साथ साथ अगर आम की फसलों पर जो इस समय छोटे छोटे फल है उनका भी गिरने से नुकसान है बाकी गन्ने की फसल के लिये यह बारिश बहुत अच्छी रही सभी किसान भाई गन्ने की तैयारी कर ले

हरदोई ज़िले की देहात कोतवाली के बरगावां के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के असंतुलित होकर पलट जाने से चार महिलाओं और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई इस सड़क हादसे में उन्तीस लोग घायल हो गये हैं जिन्हें उपचार के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है यह सभी सुरसा इलाके के रहने वाले हैं और पिहानी के उल्लही गांव से मुंडन करा कर लौट रहे थे उधर चन्दौली जिले के सैय्यदराजा शहाबगंज और सदर कोतवाली इलाके में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से तीन लोगों की मैत हो गई जबकि एक व्यक्ति की तेज आंधी से गिरे पेड़ की चपेट में आने से मृत्य हो गई वहीं बरेली के मीरगंज में एक कैंटर में बिजली के तारों की चपेट में आने से आग लग गई जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गये हैं जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है

ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत तथ्यों से परे हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि बदायू संसदीय क्षेत्र के गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन जो स्ट्रांग रूम में रखी गई थी के साथ छेड़छाड़ किये जाने की आशंका जताते हए समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य अरविन्द क्मार सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस बारे में लिखित प्रतिवेदन दिया था